लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मल्टीप्लैक्स और सिनेमा घरों को जीएसटी में राहत देने सहित कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मल्टीप्लैक्स और सिनेमा घरों पर राज्य जीएसटी समाप्त कर दी गई है सीतापुर जनपद को बड़ी सौगात देते हुए वहां एक हजार पांच सौ पचास करोड़ रूपये की लागत के ग्रीन फ्यूल उत्पादन प्लांट की स्थापना पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है यहां पांच सौ मैट्रिक टन गन्ने की खोई और गेहूं के कचरे से हरित ईंघन का उत्पादन किया जायेगा इससे एक साल में पांच सौ मेगावाट बिजली के अलावा पौने दो लाख लीटर ग्रीन फ़यूल का उत्पादन प्रति वर्ष होगा इस प्लांट में एक निजी कम्पनी डेढ़ हजार करोड़ से अधिक का निवेश करेगी उन्होंने बताया कि इस प्लांट को प्रदेश सरकार स्टैम्प शुल्क और निवेश पर पन्द्रह प्रतिशत की छूट तथा दस साल के लिये जीएसटी में छूट साहित अन्य सुविधायें भी देगी इसके अलवा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांव सौ मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाये जायेंगे जिससे तीन रूपये सत्रह पैसे से लेकर तीन रूपये तेइस पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली प्राप्त की जा सकेगी एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुपोषण घरों का निर्माण करेगी ये सुपोषण घर कुल दस जिलों में अट्ठाइस जगहों पर बनाये जायेंगे जहां नर्स सफाई कर्मी रसोइया और स्वास्थ्य सलाहकार मौजूद होंगे ये सभी कर्मचारी बच्चों में क्पोषण को खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे हर सुपोषण घर में छह बेड भी रहेंगे ताकि आपात स्थिति में बच्चों का इलाज भी किया जा सके एक अन्य फैंसले में प्रदेश सरकार ने वीआईपी सुरक्षा के लिये बड़े पैमाने पर वाहन खरीद का फैसला लिया है फैसले के अनुसार सरकार पवीस करोड़ की लागत से एक सौ चौदह वाहन खरीदेगी गोरखपुर और गाजियाबाद के लिये तीन बुलेटप्रूफ और दो जैमर सहित सोलह वाहनों की खरीद के लिये छ करोड़ तीस लाख रूपये खर्च किये जायेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान हरहाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं अपने सरकारी आवास पर चीनी मिलों के संचालन तथा गन्ना खरीद और भगतान के संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर कराने में तेजी लाई जाय उन्होंने कहा कि किसानों का हित और चीनी मिलों का सुदृढीकरण सरकार की प्राथमिकता है किसी भी स्तर पर किसानों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर संभव मदद उपलब्ध करायेगी उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक सौ इक्कीस चीनी मिलों का संचालन किया जाना है जिनमें से पच्चासी चीनी मिले शुरू हो गई हैं रोष मिलें पच्चीस नवम्बर तक गन्ना पेराई शुरू कर देंगी श्री योगी ने बताया कि पेराई सत्र दो हजार सत्रह अट्ठारह के कल देय गन्ना मूल्य पैंतीस हजार चार सौ तिरसठ करोड़ रूपये के सापेव अट्ठाइस हजार छह सौ तैतीस करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है शेष भुगतान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सरकार द्वारा सरल ब्याज पर चार हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं

उन्होंने कल इंदौर में अपनी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत में इस बात को साझा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश भर में एक महीने तक चलने वाले नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का शुभारम्भ किया महिलाओं को जाग्रत करने और सुविधायें प्रदान कर के सशक्त बनाने का यह अभियान बीस दिसम्बर तक चलेगा इस अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना विधवा पेंशन योजना बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अन्त्योदय योजना आयुष्मान भारत सहित अन्य योजनाओं का महिलाओं के लिए ठोस क्रियान्वयन किया जायेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी साथ ही लानार्थियों से उनका फीडबैक भी लिया जायेगा नारी सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम का कल लखनऊ से हुआ सजीव प्रसारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोगों ने देखा और सराहा मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम सहित जिले के उच्चाधिकारियों आंगनबाड़ी कार्यकत्री समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को देखा बस्ती जनपद में जिलाधिकारी राजशेखर की अध्यक्षता में इस अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई हमीरपुर में लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण को देखा और महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक करना ही इस अभियान का उद्देश्य है उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा और सम्मान से जुड़ी अनेक योजनायें चला रही है उन्वासवां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कल से गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शुरू हुआ इस अवसर पर गोवा की राज्यपाल मुद्ला सिन्हा तथा सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह रावौर उपस्थित थे समारोह में कर्नल रावौर ने कहा कि भारत कहानियों से भरापूरा विविधता वाला देश है उन्होंने आशा व्यक्त की कि फिल्म निर्माता ऐसी फिल्में बनायेंगे जो लोगों को प्रेरित करेंगी

पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहेब का जन्म दिन ईद ए मिलाद्न नबी आज प्रदेश भर में श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी है राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि हजरत मोहम्मद साहेब ने इंसान को इंसान से जोड़ने आपसी भाईचारा दूसरे धर्मो के प्रति सम्मान और एकता की जो शिक्षा दी थी वह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए थी उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नयी प्रेरणा देगा